प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहुत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और मीडिया से अनुरोध किया कि वे लोगों को घर पर ही बने रहने के लिये संदेश देने का अभियान चलाएं प्रधानमंत्री के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की

इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वर्करों को भी बढ़ा हुआ मानदेय पहली अप्रैल से जारी किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी दिहाड़ीदार या अनुबंध कर्मचारी के पैसे नहीं काटे जाएंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के लिए घोषित कार्यालयों के अतिरिक्त बाकी सभी सरकारी कार्यालय तीन दिनों तक पूरी तरह बंद रहेंगे उन्होंने कर्मचारियों से अपना स्टेशन न छोड़ने की भी अपील की और कहा है कि परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें किसी भी वक्त अल्प नोटिस पर कार्यालय बुलाया जा सकता है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में किए जा रहे प्रबंधों का निरीक्षण किया उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील भी की अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना से मौत और लॉकडाउन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला व पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना से पहली मौत पूरा प्रदेश लॉकडाउन दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कोरोना से हिमाचल में पहली मौत अमरीका से लौटे तिब्बती मूल के बुजुर्ग ने टीएमसी में तोड़ा दम दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल में कोरोना वायरस से पहली मौत हिमाचल दस्तक के मुताबिक हफ्ता भर जानलेवा वायरस को छिपाए रखा तिब्बती ने प्रदेश में लॉकडॉउन पर दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है कोरोना के खतरे से मचे हड़कम्प के बीच हिमाचल लॉकडाउन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सोमवार को विधानसभा में की घोशणा हिमाचल दस्तक का शीर्षक है कुछ दिक्कतें झेलने को तैयार रहें जो बाहर हैं वे घर न दौड़ें आगामी आदेशों तक प्रदेश में पूर्ण तालाबंदी

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सरकारी कार्यालय तीन दिनों के लिये पूरी तरह बंद

कोरोना की दवा बनाने में जुटा आईएचबीटी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है पालमपुर में संस्थान के वैज्ञानिकों ने शुरू किया काम सब ठीक रहा तो दो माह में बन सकती है दवा इसी अखबार की एक अन्य खबर है तीन मिनट में बजट पास अनिश्चितकाल के लिये विधानसभा सत्र स्थगित मुख्यमंत्री के बयान को लेकर दैनिक भास्कर के शब्द हैं नियम नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई

पंजाब केसरी का शीर्षक है डेढ़ लाख कामगारों को दो हजार रुपये की एकमुश्त राहत मौसम पर अमर उजाला ने लिखा है आज से तीन दिन बारिश बर्फबारी की चेतावनी